पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर भाजपा सांसदों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में हो रहे परिवर्तन नागरिकों का जीवन आसान बनायेंगे नरेन्द्र मोदी ने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय के आदर्श आज भी प्रासंगिक हैं और वे हम सभी के लिए प्रेरणास्रोत हैं इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दृष्टिकोण से प्रेरित है दीनदयाल इस बीच शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने भाजपा के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के मौके पर शिमला के उपनगर संजौली में एक जनसमूह को सम्बोधित किया और दीनदयाल उपाध्याय के विचारों से युवाओं को अवगत करवाया भाजपा ने इस दिन को आज प्रदेश भर में समर्पण दिवस के रूप में मनाया इस उपलक्ष्य में सभी भाजपा मण्डलों में पुष्पांजलि कार्यक्रमों का आयोजन किया गया प्रदेश भाजपा मुख्यालय में हुए कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा डेजी ठाकुर ने की मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने शिक्षकों का आहवान किया है कि वे विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए उन्हें प्रेरित करें मुख्यमंत्री आज राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण परिषद द्वारा आयोजित युवा विज्ञान पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता कर रहे थे

मुख्यमंत्री ने कहा कि ये योजना विद्यार्थियों को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करने में सहायक सिद्ध हो रही है मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है आवश्यकता केवल इस बात की है कि विद्यार्थियों को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया जाए जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया है और इस महामारी को नियंत्रित करने में सफल रही है

इस मेले में खिलौना कम्पनियों के अलावा स्कूली बच्चे और खिलौना विशेषज्ञ भी हिस्सा लेंगे केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि इस टॉय फेयर का मुख्य उद्देश्य देश के लघु खिलौना उद्योग का समर्थन करना है विमोचन राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने विश्व संवाद केन्द्र शिमला द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक विचार पत्र हिम संचार के विशेषांक का आज राजभवन में विमोचन किया उन्होंने हिम संचार विशेषांक के सफल प्रकाशन के लिए विश्व संवाद केन्द्र को शुभकामनाएं दी राज्यपाल ने कोरोना काल में अनेक बाधाओं के बावजूद संवाद कायम करने के लिए पत्रकारिता क्षेत्र में सेवाएं देने वाले लोगों की सराहना की

जिला परिषद शिमला जिला परिषद के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव आज सम्पन्न हो गया

जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त आदित्य नेगी ने बाद में नवनिर्वाचित अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई उन्होंने जिला परिषद सदस्यों से सकारात्मक सोच से कार्य करने और बेहतर समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया कुल्लु जिला परिषद उधर कुल्लू जिला परिषद के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद के लिए भी आज हुए चुनाव में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार विजयी रहे यहां कांग्रेस समर्थित पंकज परमार अध्यक्ष और वीर सिंह ठाकुर उपाध्यक्ष चुने गए उपायुक्त रिचा वर्मा ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई विक्रम ठाकूर परिवहन मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर ने प्रदेशवासियों से यातायात नियमों का पालन करने का आहवान किया है उन्होंने कहा कि लोगों के सहयोग से सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है विक्रम ठाकुर आज सड़क सुरक्षा माह के तहत शिमला के तारादेवी में वाहन चालकों को यातायात नियमों के बारे में अवगत कराने के मौके पर बोल रहे थे उन्होंने इस मौके पर यातायात नियमों का सही प्रयोग करने वाले चालकों को फूल और टी शर्ट देकर सम्मानित किया परिवहन मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति सजग है और इस दिशा में बेहतर कार्य किया जा रहा है विक्रम ठाकुर ने प्रदेशवासियों से परिवहन संबंधी कार्यों के लिए ई परिवहन सेवा का भरपूर लाभ उठाने की भी अपील की राकेश पठानिया वन व खेल मंत्री राकेश पठानिया ने कहा है कि सभी क्षेत्रों का समग्र व संतुलित विकास प्रदेश सरकार की उच्च प्राथमिकता है जिसके लिए धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी राकेश पठानिया आज नूरपुर उपमण्डल के डन्नी में आयोजित प्रशासन जनता के द्वार कार्यक्रम के मौके पर बोल रहे थे उन्होंने कहा कि केन्द्र व प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने के लिए विशेष तरजीह दे रही है पठानिया ने कहा कि प्रशासन जनता के द्वार कार्यक्रम हर पंचायत में नियमित तौर पर आयोजित किए जाएंगे ताकि लोगों की समस्याओं का निपटारा सुनिश्चित हो सके मारकंडा तकनीकी शिक्षा व जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा है कि लाहौल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने और इसे वैश्विक पर्यटन से जोड़ने में स्नो फेस्टिवल बहुत कारगर सिद्ध होगा मारकंडा आज स्नो फेस्टिवल के तहत लाहौल की तिनंन घाटी के गोंदला में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम के मौके पर बोल रहे थे उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति ही हमारे जीवन की पहचान है राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने आरोप लगाया है कि भाजपा पिछले दरवाजे से जनमत चुराकर लोकतंत्र की हत्या कर रही है राठौर आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि शिमला जिला परिषद पर कब्जा जमाने के लिए भाजपा ने कई हथकंडे अपनाए लेकिन कांग्रेस की एकजुटता ने साबित कर दिया है कि भाजपा के कोई भी प्रलोभन काम नहीं आने वाले उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस ने शिमला जिला परिषद में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद पर अनुभवी लोगों को बिठाया है राठौर ने उम्मीद जताई कि ये लोग जनभावनाओं के अनुरूप अपने कार्यों का निष्पादन करेंगे

इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ